तिलका मांझी भागलपुर बीएन मंडल मधेपुरा और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी मिले नये कुलपति और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश

प्रदेश के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार छह सौ सोलह नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख सड़सठ हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ तिरसठ मामले पटना जिले में सामने आये हैं अररिया से एक सौ सात सुपौल से तिरानवे मधुबनी से एकानवे नालंदा से तिरसठ और सहरसा से उनसठ मामलों की पुष्टि हुई है विभाग के अनुसार अब तक राज्य में लगभग एक लाख तिरपन हजार कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं राज्य में स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव छह शून्य प्रतिशत हो गयी है अभी तेरह हजार एक सौ उनहत्तर लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है महामारी से राज्य में अब तक आठ सौ इकसठ लोगों की मौत हुई हैं इधर देशभर में पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस से पंचानवे हजार आठ सौ अस्सी मरीज स्वस्थ हुए हैं एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्यासी दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है अब तक कुल बयालीस लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक दो हजार बीस को आज पारित कर दिया संशोधन के जरिये महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है यह विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा अपराधियों को जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है इसके लिए तीन से पांच महीने की जेल की सजा और पचास हजार से दो लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बे रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं

राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति दो हजार बीस के कार्यान्वयन पर आगंतुक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा

पटना यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के पांच विश्वविद्यालयों में नये कूलपतियों की नियुक्ति की गयी है राजभवन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को पटना विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है वहीं प्रोफेसर सुरेन्द्र प्रताप सिंह को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा और प्रोफेसर शशिनाथ झा को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का वाईस चांसलर बनाया गया है वहीं प्रोफेसर राम किशोर प्रसाद रमण को बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का कुलपति बनाया गया है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं है उन्होंने दावा किया कि राजग प्री तरह एकजुट है और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगा उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गोपालगंज में पार्टी कार्यकताओं को संबोधित किया भाकपा माले ने कहा है कि महागठबंधन से सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही चुनाव को लेकर गठजोड़ किया जायेगा पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनके दल ने राजद से पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर सीटों के बंटवारे की मांग की है बताया जाता है कि भाकपा माले ने अपने लिये तिरपन सीटों की मांग की है इधर महागठबंधन के दो दलों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी ने राजद और कांग्रेस से सीटों के तालमेल को लेकर जल्द फैसला करने को कहा है पूर्व केन्द्रीय मंत्री देवेन्द्र यादव की पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ समझौता किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक्कीस सितम्बर को बिहार के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट के ऑप्टिकल फाईबर कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारत नेट के माध्यम से राज्य के लगभग छियालीस हजार गांवों को ऑप्टिकल फाईबर से अगले वर्ष इकतीस मार्च तक जोड़ने का लक्ष्य है इससे पहले राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इस कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को राज्य के चौंतीस हजार आठ सौ इक्कीस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लागू किया जायेगा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन किया श्री सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में बहुद्देश्यीय केन्द्र और श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विश्राम गृह और कई अन्य सुविधाओं की शुरूआत की इन कार्यों को ऊर्जा मंत्रालय की कम्पनी आरईसी लिमिटेड ने चौबीस करोड़ अड़तीस लाख रूपये की लागत से पूरा किया है केन्द्रीय मंत्री ने पावर ग्रिड की सहायता से भोजपुर के सहार चरपोखरी और तरारी प्रखंड में सीएसआर के तहत सात करोड़ साठ लाख रूपये की लागत से बने पीसीसी सड़क पुल पुलिया और छठ घाट का उद्घाटन किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है यह योजना बिहार में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करायेगी श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ मछुआरों की आमदनी में भी वृद्धि करना है कृषि मंत्री आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आरओबी और पीआईबी पटना के अपर महानिदेशक एस के मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और बिहारशरीफ में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत एक सौ उन्नीस करोड़ रूपये की लागत से विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया श्री कुमार ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत एक सौ तीन करोड़ और पटना स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सोलह करोड़ रूपये की लागत से इंटीग्रेटेड कमान एण्ड कंट्रोल सेंटर तथा अन्य योजनाओं का कार्यारंभ भी किया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 यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं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 खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी ने एमेजॉन फिलपकार्ट स्नैपडील और अन्य ई कॉमर्स पोर्टल से उनके प्लेटफार्म पर खादी ब्रांड नाम से मौजूद एक सौ साठ से अधिक वेबलिंक हटाने के लिए कहा है आयोग के बयान में कहा गया है कि एक हजार से अधिक कम्पनी खादी इंडिया के नाम से अपने उत्पाद बेच रही है और इससे खादी ग्राम उद्योग से जुड़े दस्तकारों तथा आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है राज्य सरकार ने निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाले की बिक्री उत्पादन भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध को एक साल के लिये और बढ़ा दिया है राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है यह परीक्षा बाईस अक्टूबर को होगी प्रवेश पत्र परीक्षा से दस दिन पहले जारी किया जायेगा प्रदेश के पूर्वी हिस्से में आज भी कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सौ सत्तर मिलीमीटर वर्षा कटिहार में रिकॉर्ड की गयी है वहीं पूर्णियां में नब्बे मिलीमीटर वर्षा हुई है किशनगंज अररिया और उसके आस पास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है वहीं गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका जतायी गई है इक्कीस सितम्बर से राज्य में मॉनसून की गतिविधि और तेज होने की सम्भावना है सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने सासाराम रेलवे स्टेशन परिसर में सौ फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्नत स्टेडियम का भी लोकार्पण किया साथ ही कुम्हऊ स्टेशन पर ऊपरी पुल कुदरा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तारीकरण और भभुआ रोड स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में जदयू विधायक मोहम्मद शरफुद्दीन पर पिछले दिनों हुये हमला मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में पच्चीस नामजद और बीस अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा जिले के बेन प्रखंड में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत निर्मित चेकडैम सिंचाई सुविधाओं और कई अन्य सुविधाओं का उद्घाटन किया जमुई पुलिस ने पिछले चौबीस घंटों के दौरान अर्द्व सैनिक बलों की मदद से तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है साथ ही पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी समेत छह अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है

कटिहार के जिला और सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह ने पच्चीस किलो गांजा रखने के आरोपी मोहम्मद सुहैल अहमद को चौदह वर्ष की सश्रम कारावास के साथ डेढ़ लाख रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस से लगभग एक लाख तिरपन हजार लोग ठीक हुये

तिलका मांझी भागलपुर बीएन मंडल मधेपुरा और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी मिले नये कुलपति और पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश